इसको देखते हुए सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से सामुदायिक निगरानी बढ़ाने को कहा गया है स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से मास्क इस्तेमाल करने को लेकर भी जागरूक रहने को कहा है उन्होंने कहा है कि केवल वायरस से संक्रमित लोगों को देखभाल करने के लिए ही स्वस्थ व्यक्तियों को ही मास्क पहनने की जरूरत है खांसी और जुकाम से पीड़ित लोगों को भी मास्क पहनना चाहिए इधर प्रदेश सरकार ने कल साफ किया कि राज्य में कोरोना से पीड़ित एक भी व्यक्ति नहीं पाया गया है

शेष दो की रिपोर्ट आनी बाकी है अब तक चार सौ से अधिक व्यक्ति विदेश यात्रा से मध्यप्रदेश आए हैं सभी को ऐहतियात के तौर पर घर में ही आइसोलेशन में रहने के लिए कहा गया है

समारोह में देश के प्रधान न्यायाधीश श्री शरद चन्द्र बोबड़े भी शामिल होंगे महामहिम के दो दिवसीय प्रवास को लेकर जिला एवं नगर निगम प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है अनुठी पहल इंदौर नगर निगम ने कल पांच महिला सफाई कर्मचारियों को दरोगा का पद देकर सम्मानित किया निगमायुक्त ने सीटी बस कार्यालय में आयोजित एक कार्यकम में सफाईकर्मी महिला मित्रों को पदोन्नति और उन्हें द्रपहिया वाहन उपलब्ध कराया इस पर मुख्यमंत्री ने कल ट्वीट के माध्यम से कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर देश में तीन बार से स्वच्छता में अव्वल इंदौर नगर निगम की अनूठी पहल उन्होंने कहा कि यह सफाई मित्र बहनें पहले सफाई का कार्य करती थी लेकिन अब ये सफाई पर नियंत्रण करेगी निश्चित तौर पर यह गौरव का क्षण है और इंदौर नगर निगम इसके लिये बधाई का पात्र है भाजपा बैठक भाजपा प्रदेश चुनाव समिति के सदस्यों की आगामी राज्यसभा चुनाव को लेकर कल पार्टी के प्रदेश स्थित कार्यालय में बैठक हई इसमें राज्यसभा चुनाव के लिए संभावित प्रत्याशियों के नाम की सूची तय कर केंद्रीय नेतृत्व को भेजी गई बैठक में प्रदेश अध्यक्ष और सांसद विष्णुदत्त शर्मा उपाध्यक्ष प्रभात झा नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण जटिया और पूर्व मंत्री राजेन्द्र शुक्ला उपस्थित थे

कलेक्टर लोकेश जाटव ने बताया कि नगर पालिका अधिनियम के तहत अनुसूचित जाति अनुसचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण किया जाएगा

कृषि विज्ञान मेले में किसानों के लिए कृषि और संबंद्वित विभागों में संचालित होने वाली गतिविधियों से जुड़ी प्रदर्शनी स्टॉल लगाए गए थे यहां किसानों को कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा कृषि संबंधी नवीनतम तकनीकी की जानकारी और सलाह दी जा रही थी कार्यक्रम के समापन में कई महिलाओं को सम्मानित भी किया गया जिनमें स्व सहायता समूह में अच्छे काम करने वाली महिलाएं शामिल हैं साथ ही नमस्ते ओरछा के जरिए पर्यटक को घुमाने वाली सभी महिलाओं का सम्मान किया गया करियर काउंसलिंग भोपाल में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के बच्चो के लिए विषय विशेषज्ञों के साथ करियर काउंसलिंग की गई आदिम जाति कल्याण विभाग की प्रमुख सचिव ने बच्चों से कहा कि वैश्विक दौर में शिक्षा के क्षेत्र में लगातार स्व रोजगार से जुड़े पाठ्यक्रम शुरू हो रहे हैं विद्यार्थी निरंतर अध्ययन कर इस बारे में जानकारी हासिल करें

होलिका दहन प्रदेश में आज होलिका दहन का पर्व परंपरागत हर्षोल्लास से मनाया जायेगा इसी के साथ रंगों का पर्व होली शुरू हो जायेगा जो पांच दिनों तक चलेगा आज रात में होली जलाई जायेगी अगले दिन कल लोग एक दूसरे पर रंग गुलाल और अबीर डालकर होली की शुभकामनाए देंगे राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने जनता को होली की शुभकामना दी है वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने भी इस अवसर पर प्रदेश की जनता को शुभकामनाए दी हैं

होलिका दहन के लिए अनेक समाजसेवी संगठनों ने गोबर के कंडो का उपयोग किये जाने की अपील की है इस बार पेड काटने से बचाने के लिए भोपाल में वन विभाग के सहयोग से गो कास्ठ का विकय किया जा रहा है होली के अवसर पर प्रदेशभर के बाजारों में दुकानों को विशेष रूप से सजाया गया है जहां रंग गुलाल पिचकारियों को खरीदने वालों की भीड़ बढ़ रही है मुक्केबाजी भारत के पांच मुक्केबाजों ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालीफाई कर लिया है

ये सभी जॉर्डन की राजधानी अम्मान में एशिया ओसनिया मुक्के बाजी ओलम्पिक क्वालिफायर्स के सेमीफाइनल में पहंच गये हैं

साथ ही उनका स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जा रहा है

बाघ करीब एक महीने से जिले में रिहायशी इलाकों के पास घूमते देखा जा रहा था

इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिये क्षेत्रीय स्पोर्टस क्लब भोपाल की क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी गई है